चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघ शर्मा ने जयपुर में इस अभियान की शुरूआत की

गौरतलब है केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिथ्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चूने गये क्षेत्रों में इनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने सभी से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की

ये लोग कोटड़ी लुहारवास गांव से रात्रि जागरण में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे प्रतापगढ़ जिले के टांडा गांव के पास एक निजी बस मोटर साइकिल को बचाने के प्रयास में बेकाब होकर खाई में उतर गई

जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है सवाईमाधोपुर जिले के पुरा गुलाब सिंह गांव के पास कल एक डम्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत हो गई हादसे में एक युवक घायल हो गया वहीं बांसवाड़ा जिले के छोटी संदलाई गांव में पुराने मकान की दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई

इसी तरह एक अन्य डॉक्टर और लिपिक को दो तीन दिन से लगातार अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी किया गया है